राज्य सरकार प्रदेश में पंजीकृत सभी केडिट कॉपरेटिव सोसायटियों का करा रही है अंकेक्षण प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मिलेगा प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार

दोनो नेताओं ने व्यापार और निवेश सहित दोनो देशों की बीच संबंधों के कई आयामों पर चर्चा करने की बात कही प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को दुनिया के दो लोकतांत्रिक देशों के बीच मूल्यों में विश्वास रखने वाला संबंध करार दिया उन्होंने बताया कि भारत व्यापार के मंच पर तेजी से आगे बढ रहा है वहीं डोलाल्ड ट्रम्प ने न्यूयोर्क में संवाददाताओं से कहा कि जल्द ही उनका देश भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर पहच जायेगा इससे दोनो देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मुलाकात में आतंकवाद और ट्रेड डील पर लम्बी चर्चा हुई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल जयंति पर उन्हें नमन करते हुए ट्वीट के जरिये कहा कि वे देश के महानतम व्यक्तियों में से एक थे सबसे वंचित लोगों की सेवा करना ही पंडित दीनदयाल का संदेश था इस अवसर पर राज्य में भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है

दोनों केन्द्रीय मंत्री नई दिल्ली में अलग अलग संवाददाता सम्मेलन में प्याज की कीमतों को लेकर बनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे श्री पासवान ने कहा कि इस बार आलू और टमाटर का मूल्य नियंत्रण में है लेकिन बाढ़ और बरसात के कारण प्याज का मूल्य बढा हुआ है उन्होने कहा कि राज्यों को सस्ते मूल्य पर प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है

संस्था निर्देशक प्रोफेसर एन के शर्मा ने बताया कि एनएसएस के इस सर्वोच्च पुरस्कार के लिये देशभर से तीस स्वयंसेवकों का चयन किया गया

गृहमंत्री ने कहा कि पोर्टल से लोगों को प्रत्येक सुरक्षा गार्ड के पुलिस सत्यापन की पुष्टि करने में भी मदद मिलेगी

साथ ही सरकार द्वारा अब सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत कॉपरेटिव सोसाइटियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है कॉपरेटिव रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने आकाशवाणी को बताया कि जिस तरह कुछ सोसाइटियों द्वारा लोगों के साथ ठगी की गई है ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए सभी कॉपरेटिव सोसाइटियों की जांच की जा रही है

कोर्ट ने दो सप्ताह बाद पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि ये घटनाए इंगित करती हैं कि राज्य की मशीनरी किशोर न्याय अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्य करने में विफल साबित हो रही है बाल सुधार गृहों में बाल अपचारियों की देखरेख उन पर पूरा ध्यान देने सहित उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस सप्ताह भी बारिश का दौर जारी रहेगा मानसून के अंतिम चरण में होने के कारण हल्की फुल्की बारिश की संभावना है मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को बताया कि अजमेर उदयपुर कोटा और भरतपुर संभाग में इस सप्ताह मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है